छत्तीसगढ़ विधानसभा में दो हजार तीन सौ छियासी करोड़ रूपये का अनुपूरक बजट पारित किया गया

नौ करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में अट्ठारह हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी श्री मोदी इस कार्यक्रम के दौरान छह राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे ये किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा की गई अन्य पहल के बारे में अपने अनुभव बताएंगे इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे कृषि कानुन धान खरीदी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि संसद द्वारा बनाए गए तीन प्रगतिशील कृषि कानून देश में सुशासन के महत्वपूर्ण बेंचमार्क हैं नौ राज्यों में एक सौ छियानवे बेहतर जीवन खेती केन्द्रों के शुभारंभ के अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में सुधारों से पारदर्शिता आएगी और इंस्पेक्टर राज समाप्त होगा श्री तोमर ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्भिंग से छोटे कि ् सानो को भी लाभ होगा जो अब अपनी उपज पूर्व निर्घारित और नियत मूल्यों पर बेच सकेंगे इस बीच केन्द्र सरकार ने किसान यूनियनों को पत्र लिखकर बातचीत के लिए फिर से आमंत्रित किया है और उनके द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों पर विचार विमर्श कर तथा उनका समाधान खोजने का अपना संकल्प दोहराया है इस बीच प्रदेश में इन दिनों समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी जारी है इसके तहत तेईस दिसंबर तक सैंतीस लाख भीटरिक टन से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है इस दौरान राज्य के नौ लाख इकयासी हजार किसानों ने समर्थन मुल्य पर अपना धान बेचा है इधर जांजगीर की एसडीएम मेनका प्रधान ने धान खरीदी के लिए पीडीएस के बारदाने उपलब्ध नहीं कराने वाली सात दुकानों को निलंबित कर दिया है जबकि नवापारा की पीडीएस दुकान के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है गोधन न्याय योजना राशि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गोघन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में गोबर खरीदी की दसवीं किश्त की राशि के रूप में पांच करोड़ बारह लाख रूपये गौ पालकों के खाते में अंतरित की इस योजना के तहत प्रदेश के एक लाख चालीस हजार से अधिक पशुपालक लाभान्वित हो रहे हैं विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत अब तक गौ पालकों को चौंसठ करोड़ बीस लाख रूपये की राशि दी जा चुकी है इससे उनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आ रहा है उन्होंने कहा कि रोजगार के नये अवसर सृजित हो रहे हैं और किसान जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं श्री बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना में गोबर खरीदी के साथ साथ हजारों ग्रामीण महिलाएं वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन का कार्य भी कर रही हैं विधानसभा अनुपुरक बजट छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज दो हजार तीन सौ छियासी करोड़ रूपये का अनुपुरक बजट पारित हो गया इससे पहले अनुप्रक बजट पर हुई चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना काल में राज्य सरकार विपरीत परिस्थिति में काम कर रही है धान खरीदी को लेकर सरकार ने सारी व्यवस्थाएं कर ली है कहीं भी किसी तरह का व्यवधान नहीं है इस साल तेईस सौ केन्द्रों में धान खरीदी की जा रही है अब तक करीब दस लाख किसानों ने अपना धान बेचा है श्री बघेल ने कोरोना महामारी को लेकर कहा कि राज्य सरकार ने गंभीरता से लड़ाई लड़ी है उन्होंने कहा कि कोरोना का सेकेंड स्टेज आ चुका है राज्य में इंक्यानवे लोग यूके से आए हैं जिनका पता लगाकर आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है इससे पहले चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्थाओं पर निशाना साधा उन्होंने आरोप लगाया कि बारदानों की कमी की वजह से प्रदेश के कई जिलों में धान की खरीदी नहीं हो पा रही है विधानसभा समाचार छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज पोलावरम बांध का मुद्दा जोरशोर से उठा जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने स्वीकार किया कि पोलावरम बांध से कोटा मुख्यालय सहित नौ गांव डुबेंगे उन्होंने कहा कि साढ़े आठ हजार से अधिक नागरिकों की रिहायशी प्रभावित होगी इसलिए राज्य सरकार नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय गई है प्रश्नकाल में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की विधायक रेणु जोगी ने यह मुद्दा उठाया उन्होंने पूछा कि पोलावरम बांध से बस्तर के कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं और इसे बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है वहीं चर्चा के दौरान भाजपा के अजय चंद्राकर शिवरतन शर्मा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ के धरमजीत सिंह ने इसे गंभीर मामला बताया और कहा कि अधिकारियों को वहां भेजकर स्थिति का आंकलन कराया जाए इस पर मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि प्रभावितों के पूनर्वास के लिए सरकार नीति बनाएगी उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों को लेकर अध्ययन रिपोर्ट तैयार की गई है लेकिन मामला न्यायालय में विचाराधीन होने की वजह से रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता वहीं सदन में आज प्रदेश में कानून व्यवस्था का मामला भी गूंजा विपक्ष ने इस पर स्थगन के जरिये चर्चा कराने की मांग की आसंदी द्वारा विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को अग्राहृय कर दिए जाने के बाद हंगामा शुरू हो गया शोरशराबे को देखते हुए आसंदी ने सदन की कार्यवाही पांच भिनट के लिए स्थगित कर दी इससे पहले स्थगन की ग्राहृता पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश में साल भर में हत्या लूट अपहरण और बलात्कार के मामले बढ़े हैं वहीं भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर और ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ अपराधगढ बनता जा रहा है केन्द्र सराहना केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत छत्तीसगढ़ के मोर जमीन मोर मकान योजना के समावेशी मॉडल की सराहना करते हुए राज्य को पुरस्कृत करने की घोषणा की है साथ ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली नगर पालिकाओं की श्रेणी में डोंगरगढ़ को पुरस्कृत किया जाएगा केन्द्र सरकार ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बहुप्रतीक्षित पुरस्कार की घोषणा की इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में अगले साल एक जनवरी को वर्चुअल समारोह का आयोजन किया जाएगा जिसमें छत्तीसगढ़ को स्पेशल कैटेगिरी में पुरस्कृत किया जाएगा समारोह भें सर्वश्रेष्ठ आवास बनाने वाली छत्तीसगढ़ की हितग्राही धमतरी की अंजू साहू और मुमताज बेगम तथा कवर्धा की ममता वर्मा को सम्मानित किया जाएगा इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों और सम्मानित होने वाले हितग्राहियों को बधाई दी है

जारी विज्ञप्ति के मुताबिक शिवरतन शर्मा को बस्तर कृष्ण कमार राय को बिलासपुर नारायण चंदेल को सरगुजा भूपेन्द्र सवन्नी को रायपुर और किरण देव को दुर्ग संभाग का प्रभारी बनाया गया है इसी तरह श्री साय ने पार्टी के यवा महिला किसान पिछडा वर्ग अन्सचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारियों और सह प्रभारियों के अलावा जिला संगठन के प्रभारियों तथा सह प्रभारियों की नियुक्ति की भी घोषणा की है आईएएस जिला प्रभार राज्य सरकार ने प्रदेश के पच्चीस अपर मुख्य सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों को जिलों का प्रभार सौंपा है अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले को धमतरी प्रमुख सचिव मनोज कमार पिंगआ को सरगजा और बलरामपुर गौरव ॅद्विवेदी को बिलासपुर तथा मनिंदर कौर द्विवेदी को महासमुद को प्रभारी बनाया गया है वहीं सचिव एम गीता को बेमेतरा और कबीरधाम सोनमणि बोरा को बस्तर डीडी सिंह को बलौदाबाजार रीता शांडिल्य को मुंगेली परदेशी सिद्दार्थ कोमल को दूर्ग अविनाश चंपावत को दंतेवाड़ा निरंजन दास को रायगढ़ आर प्रसन्ना को राजनांदगांव उमेश अग्रवाल को बालोद अन्बलगन पी को कोरबा अलरमेलमंगई डी को रायपुर और धनंजय देवांगन को जांजगीर चांपा की जिम्मेदारी दी गई है इसी तरह विशेष सचिव एस प्रकाश को कोरिया अंकित आनंद को कांकेर संचालक पी दयानंद को स्रजप्र विशेष सचिव सीआर प्रसन्ना को जशप्र हिमशेखर ग्रप्ता को गरियाबंद कैसर अब्दुल हक को जीपीएम नीरज कुमार बंसोड को सुकमा प्रियंका शुक्ला को नारायणपुर और कोंडागांव तथा तंबोली अय्याज फकीर भाई को बीजापुर का प्रभारी बनाया गया है रायपुर कोरोना दिशा निर्देश कोरोना संक्रमण को दुष्टिगत रखते हुए क्रिसमस पर्व के साथ ही नववर्ष में होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में रायपुर जिला प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं इसके अनुसार क्रिसमस और नववर्ष के दौरान कार्यक्रमों का आयोजन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किया जाएगा किसी प्रकार के जुलूस सभा रैली या सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी कार्यक्रम स्थल पर अधिकतम दो सौ व्यक्ति ही उपस्थित हो सकेंगे कार्यक्रम के दौरान कोविड नाइंटीन से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करना और आवश्यक सावधानियां बरतना अनिवार्य होगा एकीकृत ई श्रेणी पंजीयन प्रणाली मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय में लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साह के साथ एकीकृत ई श्रेणी पंजीयन प्रणाली के तहत प्रकाशित बेरोजगार पंजीयन प्रस्तिका का विमोचन किया इस पुस्तिका का प्रकाशन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है स्नातक डिग्रीघारी बेरोजगार युवाओं और अनुसचित क्षेत्र में हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण युवाओं का ई श्रेणी में पंजीयन किया जाएगा इस योजना में बेरोजगार युवाओं को ब्लॉक स्तर पर ही सीमित निविदा के माध्यम से बीस लाख रूपये तक लागत के कार्य दिए जाएंगे गौरतलब है कि राज्य सरकार ने प्रदेश के स्नातक डिग्रीघारी बेरोजगार युवाओं और अनुसूचित क्षेत्र में हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण युवाओं को सभी विभागों के निर्माण कार्यो में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एकीकृत ई श्रेणी पंजीयन प्रणाली लागू की है

प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने श्री अग्रवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले महीने नवंबर में गिरफ्तार किया था मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आरसीएस सामंत की एकल पीठ में हुई इससे पहले बर्खास्त आईएएस बाबूलाल अग्रवाल ने रायपुर्र में प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी जिसे खारिज कर दिया गया गौ काष्ठ अलाव प्रदेश में अब गौठानों में गोबर से तैयार गौ काष्ठ का उपयोग ठंड से बचाव के लिए अलाव के रूप में किया जाएगा इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं नगरीय निकाय क्षेत्रों में ठंड के दिनों में आम नागरिकों को ठंड से बचाने के लिए चौक चौराहों पर अलाव जलाए जाते हैं इसमें अभी तक सुखी लकड़ी का इस्तेमाल होता आया है नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने बताया कि सरकार की इस पहल से जहां पेड़ों की कटाई पर अंकश लगेगा

उन्होंने बताया कि ईंधन के विकल्प के रूप में गौ काष्ठ का उपयोग होने से नगरीय निकायों को लाखों रूपये की बचत होगी और महिला स्व सहायता समूहों के लिए आमदनी तथा रोजगार के नये अवसर बनेंगे विवाद से विश्वास बिलासपुर के अतिरिक्त आयकर आयुक्त आरके बराल ने कहा है कि आयकर विमाग की विवाद से विश्वास योजना के पीछे छपे हए फायदे बहत है लेकिन लोग टैक्स और पेनाल्टी की गणित में ही उलझे हए हैं उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि आगामी इकतीस दिसंबर है जबकि निर्धारित राशि जमा करने के लिए अगले साल इकतीस मार्च की तिथि तय की गई है श्री बराल ने कल रायगढ़ में करदाताओं अधिवक्ताओं सीए आयकर प्रैक्टिशनर और चेंबर ऑफ कॉमर्स को प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस योजना से आयकर से संबंधित सारी परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है इस योजना में जो भी प्रकरण अपील ट्रिब्यनल और विभिन्न न्यायालयों में लंबित है उसमें केवल मुल रूप से टैक्स अदा करके ब्याज पेनाल्टी और अभियोजन से बचा जा सकता है क्रिसमस प्रभू यीशु के जन्मदिन का पर्व क्रिसमस कल मनाया जाएगा इस पर्व की तैयारियां प्रदेशभर में जोर शोर से चल रही है राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थित गिरिजाघरों में आज से ही उत्सव का माहौल देखा जा रहा है गिरिजाघरों में आकर्षक साज सज्जा के साथ झांकियां सजाई गई हैं आज आधी रात गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना की जाएगी वहीं कल प्रभू यीशु के जन्म की खुशियां मनाई जाएंगी राज्यपाल अनुसूईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को क्रिसमस की बघाई और श्रभकामनाए दी हैं राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि प्रश्र यीश ने समाज को प्रेम करूणा क्षमा और मानवता का संदेश दिया है पिछड़ा वर्ग आयोग बैठक छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग की कल राजधानी रायपुर में बैठक हुई जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों में मात्रात्मक त्रटि में सुधार अनुकंपा नियुक्ति छात्रवास खोलने की मांग बैकलॉग के पदों पर नियुक्ति के संबंध में प्राप्त आवेदनों पर विचार विमर्श किया गया आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साह ने बताया कि बैठक में प्राप्त शिकायतों जाति संबंधी प्रकरणों की सुनवाई के पश्चात अनुशंसा विषय पर चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित विभागों में पत्र भेजकर जानकारी मंगाने का निर्णय लिया गया धरना प्रदर्शन जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में स्थित जैन मंदिर में चोरी के मामले में अब तक एक भी आरोपी के नहीं पकड़े जाने से आक्रोशित लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया जैन समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही चोरों की गिरफ्तारी हई तो आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा जैन समाज ने चोरों के सुराग देने वालों को इंक्यावन हजार रूपर्य इनाम देने की घोषणा की है इसी तरह बिलासपुर आईजी ने दस हजार और पुलिस अधीक्षक ने पांच हजार रूपये का इनाम घोषित किया है

संक्षिप्त समाचार राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता सेनानी और भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनके जन्मदिवस पर नमन किया है मुख्यमंत्री सत्ताईस दिसंबर को जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ और बलौदाबाजार भाटापारा जिले को सिमगा में आयोजित गुरू घासीदास जयंती समारोह में शामिल होंगे

जांजगीर चांपा जिले के ग्राम किरारी के पंचायत सचिव को भ्रष्टाचार के आरोप में हटा दिया गया है

कबीरधाम जिले की चिल्फी पुलिस ने एक ट्रक से छह क्विंटल से अधिक गांजा बरामद किया है जिसकी अनुमानित कीमत करीब सडसठ लाख रूपये आंकी गई है